वे आज पालमपुर के समीप बनूरी में वूल फेडरेान द्वारा आयोजित भेड़ प्रजनन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गददी समुदाय को उच्च गुणवत्ता की उन मिल सके इसके लिए अच्छी नस्ल के भेड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे

इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने एक करोड़ रूपये से निर्भित जनजातीय समुदाय व प्रश्निक्षण केन्द्र का भी उद्घाटन किया

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इसके लिए ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है

वित्त मंत्रालय के अनुसार इन राज्यों में कारोबारी सुगमता के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्घारित सुधार किए हैं और इसलिए अतिरिक्त ैआर्थिक संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गए हैं कारोबारी सुगमता बढ़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी तेज होगी स्नो फेस्टिवल लाहौल घाटी की समृद्ध संस्कृति को द ाने के उददे य से पट्टन घाटी के जहालमा में आज स्नो फेस्टिवल मनाया गया इस दौरान तकनीकी पी िक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाएगा और अगले वर्श घाटी के हर गांव में इसका आयोजन किया जाएगा उन्होंने समूची लाहौल घाटी को टेलीकॉम नेटवर्क से जोड़ने की भी घोशणा की

स्वास्थ्य केन्द्र हमीरपुर की धलोट पंचायत के हलाणा में उप स्वास्थ्य केन्द्र का विधायक नरेन्द्र ठाकूर ने आज लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि इस संस्थान के खुलने से स्थानीय लोगों को घर के समीप ही विकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा

इसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जा रही है इसी कड़ी में बिलासपुर में वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिाविर का विधायक सुभाश ठाकुर ने भार्भारंभ किया उन्होंने कहा कि यदि लोग नियमों के प्रति जागरूक होंगे तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी खादी बोर्ड प्रदे ा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूशोतम गुलेरिया की अध्यक्षता में आज पिमला में हुई उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के निरंतर मिल रहे सहयोग से बोर्ड नई उंचाईयां छू रहा है

मौसम प्रदे ा में दो दिन पूर्व हुए भारी हिमपात के बाद प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं हिमपात के बांद अधिकां क्षेत्रों में जनजीवन अभी पटरी पर नहीं लौटा है और सैंकड़ों मार्ग अवरूद्व हैं प्रिमला ज़िला बर्फबारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है राज्य के अधिकतर स्थानों पर आज धूप खिली रही जिससे दिन के समय लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है